प्रदेश में आज मनाया जायेगा आदिवासी दिवस राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव आज

मुख्यमंत्री विजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित बनाने के बाद अब समृद्ध राज्य बनाएंगे उन्होंने कल मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुद्ध मध्यप्रदेश का विजन साझा किया श्री चौहान ने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समुद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बिजली पानी सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमेप पहले ही तैयार है और इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है अब उत्पादन की ग्रणवत्ता खाद्य प्र संस्करण निर्यात और दोग्रना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा अब दूसरे देशों को भी कृषि उपज निर्यात करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर चना मसूर और सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया

श्री चौहान ने कोन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में गत दिनों रही बैंकों में नगदी की समस्या के निराकरण के लिए धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगद राशि उपलब्ध है इससे राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान लाभार्थियों तक सरलता से पहुँच रहा है आदिवासी दिवस प्रदेश में आज आदिवासी दिवस मनाया जायेगा इस अवसर पर आदिवासी संस्कृति पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इस अवसर पर राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को सम्मानित करेगी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे इसके अलावा मेधावी जनजातीय छात्रों का भी सम्मान किया जाएगा

संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन बैंकों की देशव्यापी शुरूआत से बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच और प्रभाव में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी

इसके लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये और फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनवाये श्री कुमार यहां इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा मतदाता सूची का समय समय पर अवलोकन करते रहें वे यह देखे कि उनका नाम मतदाता सूची से कहीं हट तो नहीं गया है अगर उनका नाम नहीं है तो वे जुड़वाए सम्मेलन मध्यप्रदेश में शहरी नियोजन का अगला चरण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह के मुख्य अतिथ्य में कल भोपाल में आयोजित किया जायेगा सम्मेलन में नई दिल्ली अहमदाबाद एवं विशाखापट्टनम इत्यादि शहरों के विशेषज्ञ भाग लेंगे

सम्मेलन में स्मार्ट सिटी मेट्रो रेल हस्तांतरणीय विकास अधिकार अमृत नगरों की विकास योजनाओं नगर विकास योजना के नये आयामों पर विषय विशेषज्ञ अधिकारी और जन प्रतिनिधि विचार व्यक्त करेंगे सम्मेलन में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर परियोजनाओं को लागू करने के लिये नियमों में संशोधन की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा उपसभापति चुनाव राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव आज होगा इस संवैधानिक पद के लिए सत्तारूढ़ एन डी ए ने जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस ने बी के हरिप्रसाद को मैदान में उतारा है

उप सभापति का पद पिछले महीने प्रोफेसर पी जे कुरियन के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हआ है श्री हरिवंश वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि श्री हरिप्रसाद कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं राकेश दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चौथी बार सरकार बनायेगी उन्होंने कल उज्जैन में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे भारी समर्थन को देखते हुए वह कह सकते हैं कि पार्टी विधानसभा की दो सौ तीस में से दो सौ से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी भाजपा सांसद ने कहा कि पार्टी चुनाव के दौरान मुख्य रूप से विकास को ही मुद्दा बना रही है श्री सिंह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी स्थिति काफी खराब है अब उसके नेताओं को अन्य दलों से गठबंधन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कुष्ठरोगी सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कुष्ठ रोगियों की सहकारी समितियाँ बनवाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा

जहाँ पट्टे दिये जाना संभव नहीं है वहाँ उन्हें रहने के लिये वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा कोई भी कृष्ठ रोगी बेघर नहीं होगा

इसके साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिये भी कार्य शुरू करें गठित सहकारी समितियों को वित्तीय मदद के साथ संचालन में भी सहयोग करें

प्रमुख सचिव ऊर्जा आईसीपी केशरी ने विशेष लोक अदालतें आयोजित करने के बारे में प्रदेश की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं मौसम राजधानी में कल से रूक रूक कर बारिश हो रही है पिछले एक पखवाड़े से बारिश नहीं होने से शहर में पिछले कई दिन से उमस और गर्मी का दौर जारी था